प्रधानमंत्री ने आज मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले फिल्में तैयार होने में समय लगता था लेकिन अब फिल्में निश्चित समय में तैयार हो रही है ठीक उसी प्रकार विकास के कार्य के काम भी अब तय समय सीमा में पूरे किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों के किरदारों ने वैश्विक स्तर पर भी मजबूत छाप छोड़ी है

इस संग्रहालय से न सिर्फ फिल्म समीक्षकों को फायदा होगा बल्कि इसमें उपलब्व दृश्यसामग्री चित्रों मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों का आनंद फिल्म प्रेमी भी उठा सकेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने फिल्म संग्रहालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी

रक्षा उत्पादन सचिव अजय कुमार ने कल गांधीनगर में एक संगोष्ठी में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष से देश का रक्षा निर्यात हर वर्ष दोगुना हो रहा है तीन वर्ष पहले कुल रक्षा निर्यात लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये था

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि महिलाओं को सेना में चरणबद्व तरीके से शामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया है इस समय महिलाओं को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं में लिया जाता है

वे आज सुबह मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई की रोजगार और आजीविका कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि द्भाग्य से बीते वर्षो में हमने स्कूल और कॉलेज की डिग्रियों और प्रमाण पत्रों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया और व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया

मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंषा पर सरकार ने इस विषय पर नीतिगत फैसला किया है

श्री मेघवाल ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने इन गांवों में आवश्यकता के अनुसार पानी बिजली चारा और पशु शिविर शुरू करने के निर्देष दिए बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारिवाल उर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया मुख्य सचिव डी बी गुप्ता सहित आपदा प्रबंधन विभाग के अच्च अधिकारियों ने भाग लिया मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा ऊर्जा विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की

पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री गर्ग ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए डिकॉय ऑपरेषन चलाये जायेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी उन्होंने कहा कि पुलिस हर गांव से एक व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप में अपने साथ जोडने का प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसे राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा

यह मन की बात कार्यक्रम की इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वार्षिक कार्य योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिये जिला स्तर पर दो दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यकम का श्रभारम्भ कल राजकीय खेल संकुल में किया गया हमारे झालावाड संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिये खेलकृद के साथ साथ विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने जयपुर में बताया कि जिन बुजुर्ग या मजदूर लाभार्थियों का अंगूठे के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है उन्हें आईस्केनर या पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के जरिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है

शहर में जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थानों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे अवसर पर आज कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा

बीकानेर में बादल छाये रहने की वजह से सर्दी का अहसास बना हुआ है

मौसम विभाग ने आने वाले दिनो में सर्द हवाऐ चलने और तापमान के गिरने के आसार जताये है उधर दिल्ली में भी आज कोहरे से राहत मिली और लोगों ने धूप का आनन्द लिया

कार्यक्रम में छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी

इसमें जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई